प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रबंधन का काम जोधपुर के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एनआईसी द्वारा विकसित ईएमएस सॉफ्टवेयर से होगा केन्द्र सरकार ने पार्सल के कारोबार में भारतीय डाक की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अलग से पार्सल निदेशालय बनाने का फैसला किया है

उत्तरप्रदेश के रायबरेली में आज सुबह बनारस से लखनऊ जा रही न्यू फरक्का एक्सप्रेस की कुछ बोगिया पटरी से उतर गई

ये हादसा हरचन्दपुर स्टेशन के पास हुआ

रेलवेकर्मियों और पुलिस की टीम भी राहत कार्य में जुटी हुई है एजेन्सी के अनुसार ये हादसा ट्रेन के गलत ट्रेक पर जाने की वजह से हुआ केन्द्र सरकार ने हादसे में मारे गये लोगों और घायलों के लिये मुआवजे की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना में मारे गये लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है देशभर के महालेखाकारों का सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा आयोजित दो दिन के इस सम्मेलन में देशभर के महालेखाकार हिस्सा ले रहे है सम्मेलन में लेखा परीक्षा को और अधिक कारगर बनाने तथा सार्वजनिक खर्च में जवाबदेही बढ़ाने में अत्याध्रनिक लेखा परीक्षा तकनीकों को अपनाने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जून खड़गे और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि सम्मेलन में अपना वक्तव्य रखेंगे

प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रबंधन का काम जोधपुर के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एनआईसी द्वारा विकसित ईएमएस सॉफ्टवेयर से होगा

श्री गांधी जयपुर में अन्य कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे इसके बाद वे दोपहर में बीकानेर जायेंगे औरं स्थानीय मेडिकल कॉलेज मैदान में महासंकल्प रैली को संबोधित करेंगे इधर केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गजेन्द्र सिंह शेखावत और पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर आज कोटा और बूंदी जिलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से रूबरू होकर फीडबेक लेंगे प्रदेश में विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा सुगम मतदान की थीम रखी गई है इसके तहत विशेष योग्यजन को मतदान केन्द्रों पर विशेष सुविधाएं प्रदान की जायेंगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके तहत मतदान के लिये दिव्यांगों को आवश्यकतानुसार आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी इस बार के चूनाव में पहली बार ब्रेल लिपी की वोटर स्लिप भी विशेष योग्यजन को दी जायेगी हनुमानगढ़ जिले में निर्वाचन विभाग कई नवाचार किये जा रहे है

उदयपुर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष अधिकारी संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिये है कि वे बिना अनुमति अवकाश पर नहीं जायेंगे और न ही मुख्यालय छोडेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभार्गो से कहा है कि वे अपने विभाग के राजकीय उपक्रमों और संस्थाओं के अधिकारियों कर्मचारियों का स्थानान्तरण और पदस्थापन चुनाव समाप्ति तक नहीं करें साथ ही जिन अधिकारियों कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदेश जारी हो चुका है और उसकी क्रियान्विति आदर्श आचार संहिता लागू होने तक नहीं हुई है तो उनकी क्रियान्विति भी नही की जाएं

केन्द्र सरकार ने पार्सल के कारोबार में भारतीय डाक की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए डाक विभाग के तहत एक अलग पार्सल निदेशालय बनाने का फैसला किया है संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कल नई दिल्ली में विश्व डाक दिवस पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्सल निदेशालय का पूरा फोकस पार्सल कारोबार पर होगा इसका उद्देश्य अगले दो साल में इस कारोबार में विभाग की हिस्सेदारी मौजूदा तीन प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत करना है उन्होंने कहा कि डाक विभाग के कर्मचारियों में उत्साह भरने के लिये मेघदूत पुरस्कार फिर से शुरू किये जायेंगे ये पुरस्कार अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता था भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय डाक सप्ताह आयोजित किया जा रहा है कल से शुरू हए सप्ताह के तहत आज बैंकिंग दिवस मनाया जा रहा है

विभिन्न मंदिरों और घरों में घट स्थापना की गई